उन्होंने कहा कि परिवार के बच्चों को इसकी सीख दी जानी चाहिए कि वे वृद्वजनों की सेवा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें उपराष्ट्रपति एम वैकैया नायडू ने कहा है कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं और इनकी रक्षा करना सरकार का मूल दायित्व है

श्री नायडू ने कहा कि यह लोगों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता का संकेत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और सौभाग्य योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो अक्टूबर दो हजार अट्ठारह तक चौंतीस जिलों को ओडोएफ घोषित किये जाने की स्थिति में हैं शेष इकतालीस जिलों को भी ओडीएफ करने के लिए तीस नवम्बर तक का लक्ष्य दिया गया है

उन्होंने इज्जतघर निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए धीमी प्रगति वाले जनपदों क गांवों में नोडल अधिकारी तैनात करने के लिए कहा है

मुख्यमंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को दिये जाने वाले विद्युत संयोजनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश को इकतीस दिसम्बर दो हजार अट्ठारह तक विद्युतीकरण करने के लिए कृत संकल्पित है उन्होंने कहा कि आगामी छब्बीस जनवरी दो हजार उन्नीस को राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लाभार्थियों के साथ वृहद दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है मुख्यमंत्री न कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों को विद्युत उपलब्ध करा कर उनके जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहती है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित एप्पल कम्पनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी से आज मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से यथासंभव मदद का आश्वासन दिया विवेक तिवारी की गत शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के गामतीनगर इलाके में पुलिस के सिपाहो ने गोली मार कर हत्या कर दी थी मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुःखद बताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाये व्यक्त की उन्होंने कहा कि इस जघन्य कृत्य के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है

पार्टी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी

हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेन्द्रनाथ पाण्डेय उनकी भी परिवार से मुलाकात हुई है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

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा के लिए समर्पित है उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के लोग सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करने में लगे हुए हैं कल भाजपा के आईटी विभाग की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने सत्ता का सदैव दुरूपयोग किया है और आगामी चुनावों में उनकी स्थिति दो हजार चौदह से भी ज्यादा खराब होगी बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कहा कि आगामी चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए महायुद्ध है उन्होंने भाजपा की आईटी विभाग की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंडल स्तर पर टीम क पुनर्गठन का काम लगभग पूरा हो चुका है उन्होंने कहा कि आगामी नवम्बर में आईटी विभाग नमो एप कैम्पेन चलायेगी जिससे अधिक स अधिक लोगों को नमो एप से जोड़ा जा सकेगा

जिले के पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि इलाहाबाद से बस्ती जा रही प्रयाग डिपो की एक बस आज लगभग सुबह तीन बजे जिले के भदोही गांव के पास खराब हो गई थी जिसको बस यात्री धक्का लगाकर स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे थे तभी अचानक पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने यात्रियों को कुचल दिया इस दुर्घटना में मारे गये लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के आश्रितों तथा घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं साथ ही अस्पताल में भर्ती घायलों का समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिये प्रौविन्शियल मेडिकल सर्विसज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आहवान पर आज प्रदेश के सभी जिलों में राजकीय चिकित्सकों ने सरकार पर असंवेदनशील रवैया और सेवानिवृत्ति जैसे मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाते हुए काला फीता बांध कर अपना काम किया

उन्हें प्रोत्साहन देने के बजाये चिकित्सकों के मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया है और वहीं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के अधिकारों से भी राज्य सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया है ऐसे में वर्षो से सेवारत चिकित्सक हताश निराश और क्रंठित है वहीं नये चिकित्सक नियमित राजकीय सेवा में आने से कतरा रहे हैं श्री यादव ने राज्य के चिकित्सकों के असंतोष और पीड़ा को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार से अविलम्ब प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग की है वन्य प्राणी संरक्षण में व्यापक जनसहभागिता प्राप्त करने के उददेश्य से वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा एक से सात अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में इस अवसर पर आज एक समारोह का आयोजन किया गया समारोह का शुभारम्भ करते हुए मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि मानव जीवन में वन्य प्राणियों की बहुआयामी भूमिका है